स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज थम गया है अंतिम चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आई तो साठ वर्ष से अधिक आयु के किसानोंछोटे दुकानदारों और खेतीहर मजदूरों को मासिक पेंशन दी जायेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वे और भाजपा सत्ता में हैं कोई भी जंगलों में रहने वाले लोगों की भूमि छीन नही सकता कांग्रेस अध्येक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रोड शो किया सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने भी मिर्जापुर में संयुक्त रैली की बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने झूठे वायदे किये गौरतलब है कि सातवें और अंतिम चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उनसठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को मतदान होगा इस चरण में उत्तर प्रदेश के तेरह पंजाब के सभी तेरह पश्चिम बंगाल के नौ बिहार और मध्य प्रदेश के आठ आठ हिमाचल प्रदेश के सभी चार झारखण्ड् के तीन और चंडीगढ़ के एकमात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है स्लग सौजन्या अल्मोडा मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिटर्निंग आफिसरों जिलाधिकारियों और मतगणना से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए तैनात किये गये कार्मिकों का रैंडमाइजेशन निर्वाचन आयोग से नियुक्त किये गये प्रेक्षक की उपस्थित में करायी जाए और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया गया है प्रेस प्रतिनिधियों को मतगणना स्थल पर बनाये गये मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी मतगणना का परिणाम आब्जर्वर और सहायक रिटर्निंग आफिसर के संस्तुति के बाद सबसे पहले सुविधा काउंटिंग एप्लीकेशन पर अपलोड़ किया जायेगा उसके बाद ही चक्रवार घोषणा की जाएगी उन्होंने मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

स्लग मतगणना तैयारी लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रदेश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है मतगणना के लिए तैनात किये गए अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और रैंडमाइजेशन का सिलसिला जारी है इसी क्रम में गोपेश्वर में मतगणना कार्मिकों का पहला रैंडमाइजेशन किया गया

रुद्रप्रयाग में भी मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया

उधमसिंह नगर जिला प्रशासन भी मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटा है

इसमें विभिन्न चरणों में ईवीएम मशीन पोस्टल बैलटसर्विस वोटर की गणना होनी है

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा की तैयारियों को चाक चौबंद बनाने में जुट गई हैं आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने निर्देश दिए की प्रधानमंत्री के दौरे मे किसी तरह की चूक ना हो और हर कोई अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से अंजाम दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली से वायुसेना के विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे इसके बाद वे वायुसेना के हेलीकाप्टर से ही केदारनाथ रवाना होंगे एयरपोर्ट पर पुलिस ब्रीफिंग के साथ ही फ्लीट की रिहर्सल भी की गई

उन्होंने प्रति तीर्थयात्री के एक ओर के किराए की दरों की जानकारी भी दी

उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे टिकट लेते समय दलालों और ठगों से सावधान रहें और किसी को भी निर्धारित किराये से अधिक भुगतान न करें अधिक किराया मांगे जाने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क करें स्लग रुद्रनाथ डोली भगवान रुद्रनाथ की डोली आज गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से सुबह मंत्रोच्चारण और पंचांग पूजा के बाद रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई डोली गंगोल गांव और सगर होते हुए रात्रि प्रवास को पुलना पहुंची और कल सुबह पनार बुग्याल होते हुए रुद्रनाथ मंदिर में पहुचेंगी

शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में की जाती हैं स्लग बाल भिक्षावृत्ति देहरादून जिले में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम और इसमें लिप्त बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक मई से ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया गया है

पुलिस कार्यालय में आपरेशन मुक्ति के दूसरे चरण की रूपरेखा पर विचार के दौरान यह जानकारी दी गई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध द्रसरे चरण में सभी स्कूलों कॉलेजों सार्वजनिक स्थानों महत्वपूर्ण चौराहों सिनेमाघरों बस और रेलवे स्टेशनधार्मिक स्थलों आदि जगहों पर बच्चों को भिक्षा ना दिये जाने के सम्बन्ध में बैनर पोस्टर पम्पलैट आदि वितरीत किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही ट्रैफिक चौराहों और धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दिये जाने सम्बन्धी अपील करने का भी फैसला लिया गया नुक्कड़ नाटकों सिनेमाघरों में लघु फिल्मों सोशल मीडिया में मैसेज के माध्यम से भी बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जाएगा अभियान के दौरान चिन्हित बच्चों को उनके परिजनो के सुपुर्द किया जायेगा साथ ही उनके परिजनों को कौशल विकास की जानकारी देकर भिक्षावृत्ति की रोकथाम की कोशिश की जाएगी

आग लगते ही चालक ने वाहन रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आज ऋषिकेश नियंत्रण कक्ष के माध्यम से थाना रानीपोखरी को सूचना प्राप्त हुई कि थानों रोड पर एक टेंपो ट्रैवलर में आग लग गई है मौके पर पहुंची सम्बन्धित थाने की पुलिस और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वीवीआइपी ड्यूटी में नियुक्त फायर टेंडर ने टेंपो ट्रैवलर में लगी आग को बुझाया

बरेली के वायु सेना स्टेशन एकत्रित होने के बाद इन सभी बच्चों को भवाली लाया जाएगा